प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है

प्रधानमंत्री ने यह बात दोहराई कि इस बारे में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए उन्होंने दिल्ली में महामारी की स्थिति पर नियंत्रण करने में केंद्र राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों के प्रयासों की सराहना की

वहीं दो दिन पूर्व कोरोना पॉजिटिव पाए गए हसैनाबाद के पूर्व विधायक कृशवाहा शिवपूजन मेहता ने कोविड वार्ड की व्यवस्था पर सवाल उठाया है उन्होंने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से व्यवस्था में सुधार का आग्रह किया है लोहरदगा उपायुक्त ने जानकारी दी है कि जिले में आज सात अंतिरिक्त कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं

स्वास्थ्य कर्मियों ने आज मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन सहित मुख्यमंत्री कार्यालय के कई पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों का सैंपल लिया है हमारी रांची संवाददाता ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी की कोरोना जांच रिपोर्ट निगटिव पायी गयी है अन्य पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों के रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है मुख्यमंत्री एहतियात के तौर पर होम क्वारंटाईन में है

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के डॉ एनएन माथुर आज इस परिचर्चा में हिस्सा लेंगे

सिमडेगा जिले में कोरोना संकमण रोकने के लिए आज जांच शिविर का आयोजन किया गया जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग और चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित इस शिविर में काफी संख्या में लोगों ने कोरोना जांच के लिए सैंपल दिए

हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि मेदिनीनगर सदर अस्पताल में परामर्श केंद्र खोलने और पॉजिटिव से नेगेटिव हुए लोगों की काउन्सलिंग की जाएगी बैठक में उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने अन्य स्वास्थ्य कार्यकमों की समीक्षा भी की

दिए गए नंबर पर स्वास्थ्य कर्मी फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा प्रवासी मजदूर अपने साथ हो रही भेदभाव की शिकायत दर्ज करा सकेंगे पलामू जिला उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने कहा है कि बिना फेस मास्क पहने वाहनों के परिचालन पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा उन्होंने कहा हे कि जिले में वाहन चलाते समय हेलमेट के साथ साथ फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार सिंह ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी से उपायुक्त के इस आदेश का अनुपालन कराने की बातें कही है पलामू जिला प्रशासन की ओर से द्कानों में द्कानदार और ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को अनुपालन से लेकर मास्क लगाए जाने पर नजर रखी जा रही है

उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि एनडीए सरकार प्रवासी श्रमिकों के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील है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

यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की सरसठवीं कड़ी होगी लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आंमत्रित किया गया है

नई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं पिछली जुलाई से यह तेरहवीं कटौती है

मौसम विभाग ने अगले बहत्तर घंटों में राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है इस दौरान राज्य के पलाम देवघर दुमका साहेबगंज गोड्डा चाईबासा और अन्य जिलों में भारी बारिष हो सकती है

साथ ही कई राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाजी प्रतियोगिता में भी भाग लेकर पदक जीत चुका है यशवंत का कहना है कि संसाधन की कमी के कारण वे पर्याप्त तैयारी नहीं कर े पा रहे है